प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सत्रह की मौत

सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान चरम पर है एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं इस सिलसिले में आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में पार्टी उम्मीदवार कौशलेन्द्र कुमार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही है श्री कुमार ने कहा कि राजद के पंद्रह साल के जंगल राज को खत्म कर उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ विकास की अवधारणा को राज्य में लागू किया श्री कुमार ने इसी लोकसभा क्षेत्र के परवलपुर और पटना साहिब के दनियावां में भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पाटलिप्त्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में मसौढ़ी में रोड शो कर लोगों से समर्थन की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बक्सर लोकसभा क्षेत्र के दिनारा में महागठबंधन उम्मीदवार जगदानंद सिंह के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव परिवर्तन की लड़ाई है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ शुरू से भेदभाव किया है श्री यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन दिया जायेगा इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के करगहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी उम्मीदवार मीरा कुमार के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हसपुरा में पार्टी प्रत्याशी राजा राम सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया श्री भट्टाचार्य ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार के फैसलों से किसान मजदूर बेरोजगार और व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ है इधर पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा क्षेत्र के किदवईपुरी मंदिरी हरदास बिगहा और सालिमपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया आरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आर के सिंह ने बहियारा और भाकपा माले के राजू यादव ने भी अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने के लिये जनसंपर्क अभियान चलाया बक्सर से भाजपा उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे भी लोगों से मिलकर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार के गठन के लिये समर्थन की अपील की वहीं काराकाट से रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी उपेन्द्र कुशवाहा ने भी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सासाराम में पार्टी उम्मीदवार छेदी पासवान के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उनके साथ जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और आरके सिन्हा भी मौजूद रहेंगे बाद में श्री मोदी बक्सर में पार्टी प्रत्याशी अश्विनी कुमार चौबे के पक्ष में भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का पंद्रह मई को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश में पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की भागीदारी आठ प्रतिशत अधिक रही है कल हुए मतदान में बासठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं प्रूषों की भागीदारी चौवन दशमलव आठ नौ प्रतिशत रही गौरतलब है कि कल आठ संसदीय क्षेत्रों में अंठावन दशमलव चार सात प्रतिशत मतदान हुआ था सबसे अधिक महाराजगंज में दस प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यहां उनचास प्रतिशत पुरूष मतदाताओं की तुलना में उनसठ प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं सीवान और गोपालगंज में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरूषों की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक रही रालोसपा के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा आज भाजपा में शामिल हो गये पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने उन्हें पटना में आयोजित समारोह में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवायी पूर्वी चंपारण के नरकटिया में कल भाजपा सांसद और प्रत्याशी संजय जायसवाल पर हुए हमले के मामले में सभी उपद्रवियों पर प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज करवायी जायेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच के बाद ही किसी भी पक्ष पर कार्रवाई की जा सकेगी सासाराम लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है

इसमें बसपा के मनोज राम और सी पी आई एम एल के रेशोक बैठा चुनावी संघर्ष को दिलचस्प बनाने में लगे हुए हैं

लम्बे समय तक नक्सल समस्या से जूझते पहाड़ी इलाको में पेयजल रोजगार और अशिक्षा बड़ी समस्या है

आकशवाणी समाचार के लिये सासाराम से ददनजी पांडेय उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग वाली वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें रमजान के महीने और भीषण गर्मी को देखते हुए लोकसभा चूनाव के सातवें चरण में मतदान का समय सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू करने की बात कही गई थी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की मौत हो गयी सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलौरी में एक यात्री बस के पलट जाने से दो महिला समेत छह यात्रियों की मौत हो गयी जबकि बीस अन्य घायल हो गये पूलिस ने बताया कि बस का अगला टायर फट जाने के कारण यह हादसा हुआ आठ घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुयी है जिनका पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है इधर बक्सर जिले के कोरानसराय थाना क्षेत्र के सुघर डेरा गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी दूसरी तरफ पूर्णियां में दो तथा पटना सारण खगड़िया सीतामढ़ी जमुई दरभंगा और शेखपुरा जिले में एक एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर है मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि बिहार से लेकर झारखंड तक एक ट्रफ लाईन बनी है जिसके प्रभाव से बारिश की संभावना बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश हुई है सबसे अधिक तैयबपुर में तीस दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी इधर पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं जिस कारण तापमान में छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आयी है आज भागलपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं पटना और गया का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में ग्यारह मई से गर्मी की छुट्टी दिये जाने के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दो निजी विद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के बाद स्थानीय लोगों ने मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया इस दौरान दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की भी खबर है बेगूसराय जिले की एक अदालत ने शराबबंदी कानून के तहत एक शराब तस्कर को पांच साल कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है खगड़िया में आज खेले गये राज्य स्तरीय अंतर जोनल रणधीर वर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में नालंदा की टीम ने गया को चार विकेट से पराजित कर दिया और अब अंत में मुख्य समाचार सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान चरम पर

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सत्रह की मौत